प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश मौसम विभाग ने दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की जताई संभावना राज्य की कांग्रेस सरकार में खींचतान के बाद अभी भी सियासी सरगर्मियां जारी है कांग्रेस ने कल फिर अपने बागी विधायकों से कहा कि वापस अपने घर में लौट आयें और उनके कोई मतभेद हैं तो पार्टी के मंच पर अपनी बात रखें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट को कांग्रेस ने प्रोत्साहित कर आगे बढाया यदि वे भाजपा में नहीं जाना चाहते तो भाजपा नेताओं से बातचीत बंद कर दें

कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया में बातचीत में कहा कि उनकी सरकार गिराने के षड़यंत्र के तहत हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास चल रहे हैं उनके पास इसके सबुत भी हैं और यह घटनाक्रम राज्यसभा चुनाव से पहले होने वाला था श्री गहलोत ने कहा जो लोग षड़यंत्र में शामिल थे वे ही सफाई दे रहे थे

परिवहन आयुक्त और शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि तोषण निधि स्कीम के अन्तर्गत यह सहायता राशि दी जाती है

भारतीय औषध महानियंत्रक ने पूरी तरह से स्वदेश में विकसित पहली न्यूमोकोक्कल पॉलीसैकैराइड कंज्युगेट वैक्सीन को मंजूरी दे दी है यह वैक्सीन शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोक्कस निमोनिया के कारण और निमोनिया के उपचार के लिए काम में ली जाती है यह वैक्सीन मांसपेशियों में इंजेक्शन के जरिए दी जाती है निमोनिया के उपचार के लिए स्वदेश में विकसित यह पहली वैक्सीन है इससे पहले ऐसी वैक्सीन देश में लाइसेंस के जरिए आयात की जाती थी क्योंकि इसे बनाने वाली सभी कंपनियां भारत से बाहर की हैं

इस वेबिनार का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की ओर से किया जाएगा वेबिनार में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ दीपक सक्सेना अपने विचार व्यक्त करेंगे टिड्डी नियंत्रण को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार सचेत हैं

पंद्रह ड्रोन के साथ पांच अतिरिक्त कंपनियों को भी कीटनाशकों के छिड़काव से लंबे पेड़ों और द्र्गम क्षेत्रों में टिड़िडयों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों मं तैनात किया गया है कल बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर चूरू झुंझुनूं पाली और सीकर में गुलाबी और पीले टिड्डों के झुंड सकिय देखे गए

प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कल सभी जिलों की ग्राम पंचायतों ब्लॉक और जिला स्तर पर मानसून के दौरान सघन वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया इस दौरान अधिकारियों ने लाखों की संख्या में छायादार और फलदार पौधे लगाए

इसके बावजूद कुछ स्थानों पर तापमान में बढोतरी दर्ज की गयी है

मौसम विभाग ने डुंगरपुर उदयपुर बांसवाडा सिरोही जालौर और राजसमंद जिलों में भारी बारिश तथा कई जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील श्रोताओं कोरोना से बचाव ही इसका सबसे कारगर उपचार है इसीलिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें